और स्वतंत्रता दिवस को लेकर पटना समेत पूरा प्रदेश हाई अलर्ट पर

पटना के राजीवनगर स्थित आसरा शेल्टर होम कांड की जांच एसआईटी करेगी जोनल आई जी नैय्यर हसनैन खान द्वारा गठित इस एसआईटी का नेतृत्व सिटी एस पी अमरकेश डी को सौंपा गया हैं इधर मामले की जांच कर रही पुलिस ने आसरा होम चलाने वाले एनजीओ अनुमाया के पटना स्थित कार्यालय पर छापेमारी की इस दौरान कई महत्वपूर्ण कागजात जब्त किये गये हैं इस बीच समाज कल्याण विभाग ने आसरा गृह को बाल संरक्षण इकाई के नियंत्रण में लेने का फैसला किया है इस मामले में गिरफ्तार एक महिला समेत दो अभियुक्तों को अदालत ने पूछताछ के लिए तीन दिन के पूलिस रिमांड पर सौंपे जाने का आदेश दिया है आसरा गृह में दो सांवासिनों की मौत के मामले में एनजीओ के सचिव चिरंतन कुमार कोषाध्यक्ष मनीषा दयाल समेत सभी आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराया गया है इधर हाजीपुर नगर थाने के बाग दुल्हन मुहल्ला स्थित अल्पावास गृह में लड़कियों के यौन उत्पीड़न के आरोपी डीपीओ मनमोहन प्रसाद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है मामले की जांच के बाद जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है उधर मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड की जांच कर रही सीबीआई ने कई बड़े अधिकारियों नेताओं और एक पूर्व मंत्री से प्रछताछ की तैयारी शुरू कर दी है इसके अलावा मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के अन्य करीबियों से भी पूछताछ की जायेगी बालिका गृह कांड में जेल में बंद सीपीओ रवि रौशन की पत्नी के खिलाफ भी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है उन पर पीड़िताओं की पहचान सार्वजनिक किये जाने का आरोप है इस बीच राज्य सरकार के निर्देश पर भागलपुर में समाज कल्याण विभाग के बाल और बालिका गृहों के संचालन का कार्य गैर सरकारी संगठन एनजीओ से वापस ले लिया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति का संबोधन शाम सात बजे से आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा राजभवन ने काउंसिलिंग के बाद नामांकन से मना करने वाले बी एड कॉलेजों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है आज नालंदा खुला विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे बीएड कॉलेजों को कानूनी नोटिस जारी किया जायेगा बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के राज्य नॉडल पदाधिकारी और एनओयू के डॉक्टर एस पी सिन्हा ने बताया कि राजभवन से ऐसे ग्यारह कालेजों की शिकायत की गयी थी ये कॉलेज काउंसिलिंग और कॉलेज आवंटन के बाद भी विद्यार्थियों को नामांकन से मना कर रहे थे उन्होंने कहा कि राजभवन के निर्देश पर अब बीएड में नामांकन की तिथि बढ़ाकर सत्रह अगस्त कर दी गयी है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नेड्डा ने कहा है कि अंगदान के लिए मानक संचालन प्रणाली बनायी जा रही है जल्द ही इसे लोगों के बीच लाया जायेगा अंतर्राष्ट्रीय अंग दान दिवस के मौके पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ब्रेन डेथ के मामलों में शत् प्रतिशत् अंगदान हो इसके लिए परामर्शियों की बहाली की गयी है पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि थाना में दर्ज एफआईआर को राज्य पुलिस तुरंत वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं करती है न्यायालय ने सरकार से इस संबंध मे एक सप्ताह के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है इस संबंध में दायर एक लोकहित याचिका में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने घर बैठे ऑनलाईन प्राथमिकी दर्ज करने और चौबीस घंटे के अंदर इसे राज्य पुलिस के वेबसाईट पर अपलोड करने का निर्णय लिया था लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है केन्द्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास को समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया है बिहार में ऐसा पहला मामला है जब किसी आईपीएस के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गयी है अमिताभ दास ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि वे इस आदेश को अदालत में चुनौती देंगे स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर पटना समेत पूरा प्रदेश हाई अलर्ट पर है पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं राजधानी पटना समेत दानापुर छावनी इलाके में सुरक्षा बलों की सघन गश्ती और चेकिंग जारी है मालवाहक भारी वाहनों और संदिग्ध लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है केन्द्र सरकार ने सभी नागरिकों से प्लास्टिक से बने तिरंगे का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भी इसे सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया है मौसम विभाग ने आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जतायी है कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की आशंका है विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में पन्द्रह अगस्त तक मॉनसून के बादल छाये रहेंगे कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है स्वच्छ रेलवे स्टेशनों की सूची में पटना जंक्शन को देश भर में तेईसवा स्थान मिला है रेल मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत दो हजार अठारह के सर्वे में पटना जंक्शन को ए वन स्टेशनों की सूची में स्थान प्राप्त हुआ है वहीं रहन सहन के लायक बेहतरीन शहरों की सूची में मुजफ्फरपुर को देश भर में तिरसठवां स्थान मिला है वहीं केन्द्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय जीवनयापन इंडेक्स में मुजफ्फरपुर ने बिहार में पहला स्थान बनाया है पीएमसीएच में कॉर्निया ट्रांसप्लांट और नेत्र बैंक की सुविधा शुरू हो गयी है यह राज्य का दूसरा अस्पताल बन गया है जहां कॉर्निया ट्रांसप्लांट का सुविधा है विश्व अंगदान दिवस के अवसर पर इसकी शुरूआत की गयी है आरटीई के अनुपालन को लेकर शिक्षा विभाग ने कहा है कि दस वर्ष से कम उम्र के जिन बच्चों का खाता नहीं खुला है उनके माता पिता या अभिभावक के खाते में पाठय पुस्तक की खरीद के लिए राशि निर्गत की जायेगी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को राशि का हस्तांतरण युद्वस्तर पर करने का आदेश दिया है नवविवाहिताओं का प्रसिद्ध पर्व मधुश्रावणी आज दरभंगा सहित पूरे मिथिलांचल में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर नवविवाहिताएँ अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए शंकर पार्वती तथा नाग नागिन आदि देवताओं की पूजा परंपरा अनुसार करती हैं मधुश्रावणी को लेकर महिलाओं मे उल्लास का माहौल है विशेष पूजन के साथ ही पिछले पन्द्रह दिनों से चल रहे मधुश्रावणी पर्व का समापन हो जाएगा राज्य की यामिनी सिंह अठारह अगस्त से इंडोनेशिया में शुरू हो रहे एशियाई खेल के रोइंग स्पर्धा में भारतीय टीम का हिस्सा होगी रोइंग एसोसिएशन आफ बिहार के कार्यकारी सचिव मुख्तार खां ने इसकी जानकारी दी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने आसरा गृह कांड में कार्रवाई को प्रमुख खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है आसरा गृहकांड में चिरंतन व मनीषा पुलिस रिमांड पर

प्रभात खबर ने नियमित बहाली में संविदाकर्मियों को उम्र सीमा में छूट अनुभव का वेटेज भी को पहली खबर बनाया है दैनिक भास्कर की सुर्खी है पटना शेल्टर होम की दो और महिलाओं की तबीयत बिगड़ी पीएमसीएच में भर्ती

और स्वतंत्रता दिवस को लेकर पटना समेत पूरा प्रदेश हाई अलर्ट पर